शिमला मेंएक बैठक में कल मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम की सभी सम्पतियों का उचित रख रखाव किया जाए ताकि पर्यटक इनकी ओर आकर्षित हों उन्होंने निगम स्टाफ के प्रशिक्षण और कौशल उन्ययन पर ध्यान देने की जरूरत भी बताई मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कसौली में निमार्णाधीन होटल के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए

पासवान ने कहा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कम से कम एक लाख रुपए या सम्बंधित आभूषण की कीमत के पांच गुना ज़र्माना लग सकता है या एक साल की जेल की सजा हो सकती है

इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह समय सीमा एक दिसंबर तय की थी उत्सव सोलन जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा ठोडो मैदान स्थित नगर परिषद हॉल में आज से जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है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

पंजाब केसरी ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के बयान को सुर्खी दी है ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और संस्कार युक्त होगी नई शिक्षा नीति अमर उजाला का शीर्षक है एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रोका केन्द्रीय मंत्री निशंक का रास्ता दिव्य हिमाचल के शब्द हैं एचपीयू के दीक्षांत समारोह में हंगामा छात्रों से नहीं मिले केन्द्रीय मंत्री तो एबीवीपी एसएफआई ने जमकर की नारेबाजी आपका फैसला ने लिखा है ज्ञान और बुद्धिमता के कारण भारत सदियों से विश्वग्रु

दैनिक जागरण का शीर्षक है मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रास्ता साफ भूमि अधिग्रहण व निर्माण कार्य का पूरा खर्च केन्द्र उठाएगा

सरकार को आईना अभिभावकों ने चंदा जुटाकर खुद तैनात कर दिये पांच शिक्षक शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है चंबा के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल संघनी में प्रिंसिपल शिक्षक तो दूर कलर्क तक नहीं पत्र के मुताबिक बिक्रम ठाक्र बन सकते हैं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष

अजीत समाचार ने खबर दी है हिमाचल में भांग की खेती होगी लीगेलाईज दिव्य हिमाचल के अनुसार हिमाचल में चार से ज्यादा एसीएस बनाने पर पाबंदी